मूख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी होगी मुलाकात राज्य में स्ट्रडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के आवेदनों के सत्यापन का कार्य सम्पन्न

तीस दिन में ही पास होगा बड़े निर्माण का नक्शा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह साढ़े नौ बजे देश भर के विभिन्न स्वयं सहायता समूह और कौशल विकास के योजना के लाभर्थियों के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये सीधा संवाद करेंगे

गरीब परिवार से आने वाली दोनों महिलाएं प्रधानमंत्री के साथ अपनी सफलता की कहानी साझा करेंगी यह कार्यक्रम डीडी न्यूज और नरेन्द्र मोदी ऐप पर उपलब्ध रहेगा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल पटना आ रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर श्री शाह के इस दौरे को विशेष महत्व दिया जा रहा है श्री शाह पटना दौरे पर प्रदेश भाजपा के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी और सरकार के कार्यो का फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी उनके मुलाकात का कार्यक्रम है इस दौरान सीटों के तालमेल और आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा होने की सम्भावना है इधर बिहार भाजपा ने श्री शाह की स्वागत के लिए व्यापक तैयारियां की है राज्य सरकार ने निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नये बिल्डिंग बायलॉज में जनता के साथ साथ बिल्डरों को भी बड़ी राहत देने का खाका तैयार किया है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इसकी जानकारी देते हुये कहा कि एयरपोर्ट ऑथोरिटी और एनजीटी के मानकों को ध्यान में रखते हुये मास्टर प्लान दो हजार इक्कीस के तहत आने वाले क्षेत्रों में निर्माण को लेकर कई छूट देने की तैयारी है नगर विकास और आवास विभाग द्वारा तैयार किये गये नये बिल्डिंग बायलॉज में शहर के पुराने इलाके में चालीस फीट के बजाय तीस फीट चौड़ी सड़क पर बहुमंजिली इमारत बनाने की छूट मिलेगी जबकि नये क्षेत्र में साठ फीट के बजाए चालीस फीट पर ऐसे भवनों का निर्माण किया जा सकेगा बड़े निर्माण का नक्शा साठ के बदले तीस दिन में ही पास कर दिया जायेगा तीन सौ वर्गमीटर क्षेत्रफल और दस मीटर ऊंचे भवन के निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी छपरा में आज राज्य के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे देश में नई तकनीक से बनने वाला यह पहला डबल डेकर फ्लाई ओवर होगा छपरा के गांधी चौक से नगरपालिका चौक के बीच बनने वाले इस फ्लाईओवर के निर्माण पर लगभग चार सौ ग्यारह करोड़ रूपये खर्च होंगे चार वर्षो में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा निगरानी की अदालत ने चर्चित टॉपर घोटाला के मुख्य आरोपी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय की पत्नी संगीता राय पिता राजदेव राय और बिहार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद के दामाद विवेक रंजन समेत आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया है निगरानी कोर्ट के विशेष न्यायधीश मध्कर कुमार ने फर्जी टॉपर रूबी राय के पिता अवधेश राय और टॉपर राहुल के पिता संजय कुमार पर भी आरोप का गठन किया है बच्चा राय और लालकेश्वर प्रसाद समेत अन्य आरोपितों पर आरोप का गठन पहले ही हो चुका है लापता बच्चों की तलाश के लिए पुलिस प्रदेश भर में ऑपरेशन मुस्कान शुरू करेगी इसके तहत रेलवे स्टेशनों बस अड्डों ईंट भट्ठों और होटलों में बच्चों की तलाशी की जायेगी इस दौरान जो लापता बच्चे मिलेंगे उन्हें उनके घर तक छोड़ा जायेगा इकतीस जुलाई तक चलने वाले इस ऑपरेशन के लिए सभी जिलों में डीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है

इस अभियान में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों की भी मदद ली जायेगी राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि श्रावणी मेले में कांवरियों की सुविधा के लिए कांवरियां पथ को और बेहतर बनाया जायेगा इसके तहत साढ़े तीन करोड़ रूपये खर्च कर भागलपुर बांका और मुंगेर जिले में आने वाले कांवरियां मार्ग के उन्नयन का कार्य किया जा रहा है राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के आवेदनों का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है पचपन सौ छात्र और छात्राओं को जल्द ही शिक्षा लोन उपलब्ध कराया जायेगा शिक्षा विभाग शिक्षा वित्त निगम के चालू होते ही इन आवेदनों को उसके पास अनुशंसा के साथ भेजेगा ताकि ऋण की स्वीकृति देकर राशि जारी की जा सके राज्य शिक्षा वित्त निगम पन्द्रह जुलाई से काम करने लगेगा नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के कारण बागमती कमला बलान कोसी गंडक और बूढ़ी गंडक नदी में उफान आने से आस पास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से मरौना निर्मली सरायगढ़ किशनपुर और सुपौल के एक दर्जन गांव में पानी घुस गया है नदियों के उफान को देखते हुये लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में लगे हैं हालांकि जल संसाधन बाढ़ और निस्सरण के मुख्य अभियंता प्रकाश दास ने बताया कि कोसी नदी के पूर्वी तटबंध पर सभी स्पर सुरक्षित हैं इधर समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड में मूसलाधार बारिश के कारण करेह नदी के जलस्तर में उफान आ गया है इसके चलते कई सड़कों पर एक से डेढ़ फीट तक बाढ़ का पानी बह रहा है प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कमजोर पड़ जाने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है पिछले चौबीस घंटे में पटना गया भागलपुर और प्रर्णियां का तापमान सामान्य से चार से पांच डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया है मौसम विभाग ने अपने पूर्वान्रमान में कहा है कि पटना और आस पास के क्षेत्रों में आज बादल छाये रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की ब्रंदाबांदी हो सकती है इधर बंगाल की खाड़ी और पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण चौदह जुलाई के बाद प्रदेश के मौसम में बदलाव की सम्भावना है राज्य के दो सौ पांच परीक्षा केन्द्रों पर तेरह से बीस जुलाई के बीच इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन किया जायेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने यह जानकारी देते हुये बताया कि परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गयी है राज्यभर से कुल एक लाख पचपन हजार विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि एक बार फिर बढ़ा कर बारह ज़ुलाई कर दी है वहीं श़ुल्क जमा करने की तिथि अब तेरह जुलाई कर दी गई है बोर्ड के इस फैसले से उन सैकड़ों छात्रों को फायदा होगा जिनका रिजल्ट पेंडिंग था पटना जिला सीनियर डिविजन फुटबॉल लिग के एक मुकाबले में बीआरसी दानापुर ने जीएसी को एक शून्य से हरा दिया वहीं एक अन्य मुकाबले में सिटी एथेलेटिक्स क्लब और दानापुर यूनाईटेड फूटबॉल क्लब के बीच खेला गया मुकाबला दो दो से बराबरी पर रहा गया जिले के बाराचट्टी थाने क्षेत्र में पुलिस ने अंतरराज्यीय बैंक लुटेरा गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से भारी मात्रा में लूटा गया सोना और कारतूस बरामद किया गया है मुजफ्फरपुर जिले के चिकित्सक डॉक्टर रणधीर कुमार के घर डकैती कांड में पुलिस ने अब तक छह अपराधियों को गिरफ्तार किया है निगरानी की विशेष अदालत ने सीवान जिले के असांव थाना के तत्कालीन इंस्पेक्टर हनुमान राम को रिश्वत लेने के मामले में चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है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 दैनिक भास्कर ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बारह जुलाई के बिहार दौरे का शीर्षक लगाया है दस घंटे में दो बार नीतीश से मिलेंगे शाह सात घंटे तक कार्यकाताओं से लेंगे चुनाव की तैयारी का फीडबैक हिन्दुस्तान ने नीट परीक्षा के नतीजों के बाद कानूनी दाव पेच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये शीर्षक दिया है मद्रास हाईकोर्ट ने कहा तमिल माध्यम के परीक्षार्थियों को एक सौ छियानवे अतिरिक्त अंक दें सीबीएसई सुप्रीम कोर्ट जायेगा दैनिक जागरण ने आज छपरा में बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास को अपनी पहली सुर्खी बनाया है प्रभात खबर ने थाईलैंड की गुफा में फंसे बारह फुटबॉलर बच्चों को सक्शल निकालने की खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है गुफा में फंसे बच्चों व कोच को निकाला गया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी होगी मुलाकात राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के आवेदनों के सत्यापन का कार्य सम्पन्न

तीस दिन में ही पास होगा बड़े निर्माण का नक्शा